जीएसटी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आबकारी व कराधान विभाग के अधिकारियों को जीएसटी संग्रहण के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने कहा कि जहां बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारी पुरस्कृत होंगे वहीं निर्धारित लक्ष्य हासिल न करने की स्थिति में उनके विरूद्व कार्रवाई की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि संसाधनों से ही सरकार विकास कार्य करवा पाती है ऐसे में अधिक से अधिक राजस्व एकत्रित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है

इनमें उहल नदी से मंडी शहर के लिए पेयजल योजना का लोकार्पण शामिल है

मुख्यमंत्री ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत पात्र परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन भी वितरित किए सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र और सांसद रामस्वरूप शर्मा सहित कई अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त व प्रगतिशील सुशासन दिया है एक बयान में उन्होंने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री की उस बयानबाजी का खण्डन किया जिसमें उन्होंने प्रदेश में विकास न होने की बात कही है सतपाल सत्ती ने कहा कि वर्तमान कार्यकाल में सरकार एक दिन के लिए भी छुट्टी पर नही गई और पहले दिन से ही हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हो रहे हैं

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिले में राजकीय विद्यालय कण्डाघाट के वार्षिक समारोह में कि विद्यार्थियों को आध्निक पद्धति से रोजगारपरक शिक्षा देने पर बल दिया जा रहा है उन्होंने विद्यार्थियों से महापुरूषों की जीवनियां पढ़कर उनसे प्रेरणा लेने का आहवान किया उधर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू के समीप बाशिंग स्कूल के समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया उन्होंने स्कूली बच्चों को यातायात नियमों की भी जानकारी दी कांगड़ा ज़िले में ज्वालामुखी के चौकाठ स्कूल के समारोह में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश चंद धवाला ने विद्यार्थियों से नशे जैसी बुराई से दूर रहने का आह्वान किया सुरेश भारद्वाज शिमला के उपनगर खलीनी में राजकीय विद्यालय भवन की शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज आधारशिला रखी

उन्होंने कहा कि प्रदेश ने शिक्षा क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और वर्तमान में शिक्षा देने के मामले में सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से काफी आगे हैं

परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को स्वावलम्बी और सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है धर्मशाला के भडियाड़ा में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को कम्पयूटरीकृत किया गया है और अनेक वित्तीय शक्तियां दी गई हैं

अपील केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से किसी भी धर्म या क्षेत्र के भारतीय नागरिक पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा सरकार ने इस अधिनियम को लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार से गुमराह न होने की अपील की है उधर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के चलते संशोधित नागरिकता कानून को लेकर विपक्षी दलों द्वारा भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है समर्थन प्रदेश भाजपा ने केन्द्र सरकार द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम को लोकहित में बताया है पार्टी उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज ने आज चम्बा में पत्रकार वार्ता में कहा कि कुछ विपक्षी दल इस कानून को लेकर देशभर में बवाल खड़ा कर रहे हैं जो सही नहीं है वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में विश्व हिन्दू परिषद ने चम्बा में रैली का आयोजन किया कुल्लू में हुई रैली में जिला भाजपा अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों पर अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का आरोप लगाया हंसराज हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चम्बा जिले के तीसा में आज मुफ्त गैस कनैक्शन वितरित किए

सरवीण चौधरी कांगड़ा जिले के शाहपुर में आज एक दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि मेले का उद्देश्य किसानों को कृषि योजनाओं के बारे में जागरूक करने सहित खेती की आध्रनिक तकनीक से अवगत करवाना है उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार अनेक योजनाएं चला रही हैं वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि राज्य सरकार ने जनकल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं और विकास कार्यो के लिए धन की कमी नहीं है ऊना जिले के राजकीय विद्यालय चराड़ा में एक समारोह में उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ क्षेत्र में अटल आदर्श विद्यालय का शिलान्यास जल्द किया जाएगा

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने युवाओं से अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगाने का आग्रह किया है नाहन महाविद्यालय में आज स्वामी विवेकानंद के जन्म उत्सव समारोह में उन्होंने कहा कि युवाओं को बाल्य अवस्था में ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए राजीव बिंदल ने महाविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया दिव्यांग प्रदेश विश्वविद्यालय ने दिव्यांग विद्यार्थियों को एमफिल व पीएचडी में प्रत्येक विषय में एक अतिरिक्त सीट रिजर्व करने का फैसला किया है विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में कुलपति प्रोफैसर सिकंदर कुमार ने कहा कि दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विश्वविद्यालय में अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं परिषद के सदस्य अजय श्रीवास्तव ने इस फैसले के लिए कुलपति और कार्यकारिणी परिषद का आभार जताया है फुटबाल मण्डी में खेली गई अखिल भारतीय बीसी रॉय फुटबाल प्रतियोगिता महाराष्ट्र ने जीत ली है आज खेले गए फाईनल मुकाबले में महाराष्ट्र ने तमिलनाडु को एक शून्य से पराजित किया समापन समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया उन्होंने खेल अधोसंरचना में सुधार को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया